पिछले विधानसभ चुनाव के मुकाबले भाजपा को पांच सीटें ज्यादा मिली है

इधर कांग्रेस पार्टी लगातार दूसरी बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई है

जीत के बाद श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में विकास के काम जारी रहेंगे वहीं दिल्ली भाजपा के प्रमुख मनोज तिवारी ने कहा है कि पार्टी इस बात की समीक्षा करेगी कि वह अपनी उम्मीदों को हासिल करने में क्यों विफल रही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है

प्रतियोगिता में महाराष्ट्र और ओडिशा की जोडी टीम विजयी रही राजस्थान और असम दूसरे उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की टीम तीसरे जबकि गुजरात और छत्तीसगढ़ की टीम चौथे स्थान पर रही

ये बात परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल विधानसभा में कही

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां परिवहन बसे बंद हुई है वहां नई बसे चलाई जायेगी साथ ही ग्रामीण बसों का संचालन भी जल्द शुरू करने का प्रयास किया जायेगा

ये हादसा खेत में बने ट्यूबवेल के पास बिजली का तार टूटने के बाद हुआ वहीं बाडमेर जिले में सिणधरी रोड पर कार और मोटरसाईकिल की टक्कर में मोटरसाईकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई

जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ए के गुप्ता ने बताया कि भिवाडी में ये कार्रवाई एक शिकायत मिलने के बाद स्पेशल टीम गठित कर की गई उन्होंने बताया कि विशेष डिजिटल उपकरण के जरिये क्षेत्र के बडे औद्योगिक कनेक्शनों में बिजली चोरी की शिकायत मिली थी